राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

प्रतिबंध केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन आयात वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेशको मंजूरी दे दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली मेंकहा कि ई सिगरेट के युवाओं पर दुष्प्रभाव कोदेखते हुए यह अध्यादेश लाया गया है अध्यादेश के अनुसार प्रतिबंध का पहली बार उल्लंघन करने वालों को एक वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि केन्द्र और प्रदेश सरकार के बेहतर समन्वय से हिमाचल में विकास को नई गति मिली है

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि चंबा जिले के चुराह को मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है वे कल क्षेत्र के टिकरी में पशु औषधालय और पुखरी के समीप बननेवाली भूमणी धारूई सड़क के शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे हंसराज ने कहा कि जिले में पोषण अभियान जन आंदोलन की तरह चलाया जा रहा है उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिये पंचायत प्रतिनिधियों सरकारी विभागों सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र से सहयोग की अपील भी की

मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने शिमला में कल एक बैठक में बताया कि इस नीति का लक्ष्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और परिवहन की स्थायी प्रणाली को बढ़ावा देना है इस बीच एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रदेश की महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा

अमर उजाला की सुर्खी है हैं जेलों में बंद कैदी उद्योगों में करेंगे काम ईपीएफ भी कटेगा दिव्य हिमाचल का शीर्षक है कैदियों को जेल में ही मिलेगा रोजगार आपका फैसला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के हवाले से लिखा है कैदियों के पुनर्वास के लिए सहयोग दें

दैनिक जागरण ने आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान को सुर्खी दी है कर्म से कर्म की ओर मोड़ता है संघ अमर उजाला के अनुसार देश का काम विश्व को धर्म का मार्ग दिखाना आपका फैसला के शब्द हैं मानव जाति की सेवा ईश्वर की सेवा

लंबे समय से शहरों में नौकरी करने वाले टीचर्स को भेजा जाएगा ट्राइबल एरिया में शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है राज्य में लागू होगा टीचर ट्रांसफर एक्ट अजीत समाचार ने खबर दी है रेलटेल ने हिमाचल सरकार के एमओयू पर हस्ताक्षर किए अब प्रदेश होगा डिजिटल दैनिक जागरण लिखता है स्नातक प्रथम वर्ष में फेल विद्यार्थी अब दोबारा ले सकेंगे प्रवेश

दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है हिमाचल में डीजल की जगह दौड़ेंगे इलैक्ट्रिक वाहन पीडब्ल्यूडी के काम में खोट शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने खबर दी है नेशनल व क्वालिटी मॉनिटरिंग की जांच में दिखा गुणवत्ता से समझौता